दो हजार बाईस तक हर परिवार को मकान देने का संकल्प दोहराया

सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के कर्मचारियों की पदोन्नति में आरक्षण पर लगी रोक को हटा लिया है अवकाशकालीन पीठ के न्यायाधीश एकेगोयल और अशोक भूषण ने कहा कि जब तक संविधान पीठ इस मामले पर अंतिम फैसला नहीं देती है तब तक सरकार कानून के अनुसार आरक्षण की व्यवस्था को लागू कर सकती है इस संबंध में दायर याचिका में केन्द्र ने कहा था कि विभिन्न उच्च न्यायालयों के आदेशों और इस तरह के मामलों में यथास्थिति बनाये रखने के दो हजार पन्द्रह के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के कारण पूरी पदोन्नति प्रक्रिया ठप्प पड़ गई है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि सरकार आवास क्षेत्र को बिचौलियों और भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए काम कर रही है ताकि लोगों को बिना किसी परेशानी के अपना मकान मिल सके श्री मोदी ने नमो एप के जरिये आज प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों से बातचीत में कहा कि सरकार आवास निर्माण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है उन्होंने कहा कि सरकार का दो हजार बाईस में आजादी की पचहत्तरवीं वर्षगांठ के अवसर पर देश के हर परिवार को मकान उपलब्ध कराने का संकल्प है

हर परिवार के पास गरीब से गरीब हो गांव हो शहर हो झुग्गी झोपड़ी में रहता हो फुटपाथ पर रहता हो उस परिवार के पास अपना पक्का घर हो और सिर्फ घर ही नहीं उसमें बिजली हो नल हो नल में जल हो गैस का चूल्हा हो शौचालय हो योजनाबद्व तरीके से ठोस कदम उठाए जाएं श्री मोदी ने कहा कि आवास निर्माण क्षेत्र में आध्रनिक तकनीक अपनायी जा रही है और इससे शहरों तथा गांवों में गरीबों के लिए सस्ते दरों पर मकानों का जल्दी निर्माण किया जा रहा है

पहले मकान बनाने के लिए अठारह महीने का समय तय था लेकिन हमने इसको घटाकर के इसको महत्व समझते हुए बारह महीने में पूरा करने का संकल्प करके हम आगे बढ़ रहे हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार महिलाओं दिव्यांगजनों अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक समुदाय के अधिक से अधिक लोगों को मकान उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दे रही है श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना से लोगों को रोजगार भी मिल रहा है मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी थाना क्षेत्र के चंद्रहट्टी स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा से अपराधियों ने बीस लाख रुपये लूट लिये पुलिस बताया कि छह की संख्या में आए हथियारबंद अपराधियों ने कर्मचारियों और ग्राहकों को कब्जे में लेने के बाद कैशबाक्स में रखे बीस लाख रुपये लूट कर फरार हो गये वहीं बेगूसराय जिले के नगर थाना क्षेत्र के कचहरी रोड पर हथियारबंद अपराधियों ने एक निजी एजेंसी के कर्मचारी से लगभग आठ लाख रुपये लूट लिये अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है केन्द्र सरकार ने कृषि कल्याण अभियान शुरू करने की घोषणा की है इसके तहत चुने गये गांवों के किसानों को कृषि तकनीकों में सुधार और आय बढ़ाने के उपायों के बारे में सलाह और सहयोग दिया जाएगा इस अभियान का उद्देश्य एक हजार से अधिक की आबादी वाले पच्चीस गांवों में किसानों की सहायता करना है ये गांव नीति आयोग के निर्देशों के अनुरूप ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ परामर्श से विकास के लिये तत्पर एक सौ ग्यारह आकांक्षी जिलों से चुने गये हैं अल्पसंख्यक मामलों के केन्द्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि इस वर्ष देश से एक लाख पचहत्तर हजार लोग हज पर जाएंगे आकाशवाणी के साथ विशेष भेंटवार्ता में श्री नकवी ने कहा कि पहलीबार बिना सब्सिडी के होने वाली यह यात्रा कई मायनों में ऐतिहासिक है

सब्सिडी खत्म करने के बावजूद किसी भी तरह के गैर जरूरी खर्च को बढने नहीं दिया गया है उसका मुख्य कारण है लीकेज रोकी गई बिचौलियों का रोल भी खत्म किया गया और गडबड़ झाले को रोका गया केन्द्रीय बिजली मंत्री आरकेसिंह ने कहा है कि एनडीए सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र का कायाकल्प करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों के विद्युतीकरण को प्राथमिकता दी है सरकार के चार साल पूरे होने पर आज नई दिल्ली में अपने मंत्रालय की उपलब्धियों का लेखा जोखा देते हुए श्री सिंह ने कहा कि लगभग पचहत्तर हजार नौ सौ करोड़ रुपये की लागत वाली दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च ग्रणवत्ता की विद्यूत आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में काम चल रहा है उन्होंने कहा कि पिछले चार सालों के दौरान भारत एक देश एक ग्रिड की दिशा में काफी आगे बढ़ चूका है केन्द्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि केन्द्र की एनडीए सरकार ने पिछले चार सालों के दौरान समाज के सभी वर्गों के हितों की रक्षा के लिए नीतियां बनायी जिसका असर अब दिखने लगा है श्री सिंह आज शेखपुरा में संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे उन्होंने कहा कि नोटबंदी और जीएसटी ने देश की आर्थिक स्थिति में व्यापक परिवर्तन लाया है खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि सरकार गन्ना किसानों के बकाये का भूगतान सुनिश्चित करने के लिए चीनी मिलों के लिए आठ हजार करोड रुपये के पैकेज पर विचार कर रही है श्री पासवान ने कहा कि इससे संबंधित प्रस्ताव केन्द्रीय मंत्रिमंडल को भेज दिया गया है और इस पर जल्द ही निर्णय ले लिया जाएगा

ढ़ाई रूपये प्रति नैपकिन की कीमत पर दस जून से यह देश भर के तीन हजार से अधिक जन औषधि केंद्रों पर उपलब्ध रहेगा इंटरमीडिएट का परीक्षा परिणाम कल घोषित किया जायेगा परीक्षा परिणाम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की वेबसाइट बिहार बोर्ड डॉट ए सी डॉट इन पर उपलब्ध रहेगा सूत्रों ने बताया कि इस बार इंटरमीडिएट में टॉप करने वाले छात्र छात्राओं की कॉपियों की दुबारा जांच पड़ताल के साथ ही परीक्षार्थियों का भौतिक सत्यापन भी किया गया प्लास्टिक प्रद्षण की रोकथाम के संकल्प के साथ आज विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया इस अवसर पर राजधानी पटना समेत प्रदेश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया केन्द्रीय मंत्री रामक्रपाल यादव ने पटना के गांधी मैदान में आयोजित समारोह में पौधारोपण कर लोगों को बेहतर भविष्य के लिए अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने की अपील की विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि सामाजिक संगठनों द्वारा पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया लोगों को पर्यावरण संरक्षण के महत्व की जानकारी देने के लिए जागरूकता रैली और संगोष्ठियों का भी आयोजन किया गया इस अवसर पर दरभंगा के आठ ओडीएफ घोषित हो चुके पंचायतों के मुखिया को सम्मानित किया गया यूजीसी के आदेश के बाद विश्वविद्यालय और कॉलेज परिसरों में प्लास्टिक के उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग गया है सम्पूर्ण क्रांति दिवस के अवसर पर पटना में आयोजित राजकीय समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव समेत कई गणमान्य लोगों ने लोक नायक जय प्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्वांजलि दी औरंगाबाद जिले के ढेबरा थाना क्षेत्र के लीलजी गांव से पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की टीम ने कुख्यात नक्सली जितेंद्र भुइयां को गिरफ्तार कर लिया है बांका जिले के कटोरिया थाना क्षेत्र के करड्डा गांव में एक ही परिवार के तीन नाबालिग बच्चियों की हत्या कर दी गई पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार कुशवाहा ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने आज पटना जिले के धनरूआ थाना में पदस्थापित दारोगा नथ्ननी राम को बीस हजार रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है

दो हजार बाईस तक हर परिवार को मकान देने का संकल्प दोहराया